भाजपा सचेतक जबलपुर से सांसद राकेश सिंह लोकसभा में अब भारतीय जनता पार्टी के मुख्य सचेतक होंगे राकेश सिंह लोकसभा में संजय जायसवाल की जगह लेंगे संजय जायसवाल को पिछले दिनों बिहार भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है

मध्यप्रदेश भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष नियुक्त किए जाने के बाद सिंह ने यह पद छोड़ दिया था पूर्व केंद्रीय मंत्री शिवप्रताप शुक्ला को राज्यंसभा में पार्टी का मुख्य सचेतक बनाया गया है

राज्यसभा शपथ राज्यसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को आज सदन की सदस्यता की शपथ दिलाई जाएगी प्रदेष से भाजपा के ज्योतिरादित्य सिंधिया और डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी तथा कांग्रेस के दिग्विजय सिंह षपथ ग्रहण करेंगे जेईई परीक्षा मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि जेईई मुख्य और एनडीए की परीक्षा एक ही दिन न हो उन्होंने कहा कि इन दोनों परीक्षाओं की तिथि को र्लेकर विद्यार्थियों से कई अनुरोध मिले हैं और स्थिति की जांच की गई है

ग्वालियर कलेक्टर कौषल विक्रम सिंह ने जिले के लोगों से अपील की है कि लोग सामाजिक दूरी का पालन करें और मास्क जरूर पहने

छह मरीज स्वस्थ हो चुके हैं और एक की मौत हुई

बाकी स्वस्थ हो चुके हैं

इस क्षेत्र में आगामी पांच दिनों तक सिर्फ आपातकालीन सेवाएं जारी रहेंगी

भोपाल में पहले से ही शनिवार और रविवार संपूर्ण लॉकडाउन है

आरक्षण की यह कार्रवाई देवी अहिल्या विष्वविद्यालय के खंडवा रोड स्थित सभागृह में रखी गई है

मौसम बारिश प्रदेश में कल आधा दर्जन से अधिक स्थानों पर हल्की वर्षा दर्ज की गई छिंदवाड़ा बैतूल पचमढ़ी जबलपुर खजुराहो सीधी दमोह ग्वालियर उमरिया होशंगाबाद और सतना में हल्की बारिष हुई है वहीं राजधानी भोपाल में मौसम शुष्क बना रहा है मौसम विज्ञान केन्द्र भोपाल के अनुसार राज्य के रीवा जबलपुर शहडोल भोपाल और होशंगाबाद संभागों के जिलों में आज और कल कई स्थानों पर वर्षा होने के आसार हैं इसके अलावा सागर इंदौर उज्जैन ग्वालियर और चंबल संभागों के जिलों में भी कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की बारिष होने का अनुमान है

उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण के बचाव एवं रोकथाम के लिये विशेष प्रयास करने की आवश्यकता है